मुख्यमंत्री आज राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए विक्रम ठाकूर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से सडक दर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है विक्रम ठाकर आज सडक सुरक्षा माह के तहत शिमला के तारादेवी में वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर यातायात नियमों का सही प्रयोग करने वाले चालकों को फूल और टी शर्ट देकर सम्मानित किया परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सजग है और इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है राकेश पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि समी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी राकेश पठानिया आज नूरपुर उपमण्डल के डन्नी में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष तरजीह दे रही है मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और इसे वैश्विक पर्यटन से जोडने में स्नो फेस्टियल बहत कारगर सिद्ध होगा मारकंडा आज स्नो फेस्टिवल के तहत लाहौल की तिनंन घाटी के गोंदला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारे जीवन की पहचान है विमोचन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व संवाद केन्द्र शिमला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक विचार पत्र हिम संचार के विशेषांक का आज राजभवन में विमोचन किया उन्होंने हिम संचार विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए विश्व संवाद केन्द्र को शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने कोरोना काल में अनेक बाधाओं के बावजूद संवाद कायम करने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों की सराहना की

जिला निर्याचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने बाद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ भी दिलाई राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि भाजपा पिछले दरवाजे से जनमत चुराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है राठौर आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन कांग्रेस की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि भाजपा के कोई भी प्रलोभन काम नहीं आने वाले